प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बहुचर्चित सुजन घोटाला में मनी लांड्रिंग के मामले की जांच शुरू कर दी है निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की संपत्ति की जांच की जा रही है ईडी आरोपियों के बैंक खाते और चल अचल संपत्तियों के बारे में पता लगा रही है इस घोटाले की जांच वर्ष दो हजार सत्रह से सीबीआई कर रही है इधर मामले के बारह आरोपियों की कल पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी हुई

केन्द्र सरकार अब मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली हर दवा की कीमत नियंत्रित करेगी नीति आयोग ने हरेक दवा का दाम तय करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इस प्रस्ताव को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा प्रस्ताव के अनुसार व्यापारिक फायदे के आधार पर दवाओं के दाम निर्धारित किये जायेंगे अभी केन्द्र सरकार केवल जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को तय करती है जिसकी संख्या लगभग सत्रह प्रतिशत है केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका में जवाबदेही की वकालत करते हुए कहा है कि इससे जजों को भी प्रणाली की अच्छाइयों और ब्राइयों को जानने में मदद मिलेगी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि न्यायिक जवाबदेही में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी उन्होंने कहा कि सरकार का काम सिर्फ न्यायपालिक को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है न्यायपालिका के संचालन का अधिकार न्यायपालिका के पास ही रहना चाहिए केन्द्र सरकार ने आम चुनाव में उम्मीदवारों के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चूनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने के बारे में उच्चतम न्यायालय में दाखिल जनहित याचिका का विरोध किया है इस संबंध में दाखिल हलफनामे में कोन्द्र ने कहा है कि यह याचिका यह साबित करने में विफल है कि इससे किसी भी तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है हलफनामे में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है और इसे खारिज करने के लिए कानून में संशोधन करना होगा राज्य सरकार इस वर्ष से किसी भी श्रेणी में इंटर पास करने वाली छात्राओं को दस हजार रूपये प्रोत्साहन राशि देगी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इस बार दो लाख सड़सठ हजार छह सौ बयासी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी इनके बीच लगभग दो सौ साठ करोड़ रूपये बांटे जायेंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से छात्राओं की सूची मंगवा ली है प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से छात्राओं के बैंक खातों में भेजी जायेगी नेपाल के तराई क्षेत्र में पिछले बहत्तर घंटो से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोसी गंडक बूढ़ी गंडक कमला बलान और अधवारा समूह की नदियां उफान पर है कोसी नदी सुपौल सहरसा मधेपुरा और खगड़िया जिले में कई स्थानों पर लाल निशान के करीब है सुपौल के किशनपुर प्रखंड के चार दर्जन से अधिक गांवों में बाढ का पानी प्रवेश कर गया है प्रखंड के सात स्कूलों में पानी घूसने से पढ़ाई ठप हो गयी है सहरसा मधेपुरा और खगड़िया जिले के कई गांव बाढ के पानी से धिर गये हैं

घाघरा नदी सिवान में कमला बलान मधूबनी में और अधवारा समूह की नदियां दरभंगा में खतरे के निशान के आस पास बनी हुई है गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग आठ दर्जन गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है जिला प्रशासन ने बाढ़ की आशंका के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने को कहा है इधर गंगा नदी का जलस्तर भी कई स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में बीस जुलाई के बाद प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जतायी है अभी मॉनसून ओडिशा तट के आस पास सक्रिय है जिसके अगले तीन चार दिनों में बिहार पहुंचने की संभावना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को राज्य में संभावित सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है पटना में सुखाड़ की स्थिति के संबंध में समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने कृषि विभाग से किसानों को शीघ्र डीजल अनुदान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि यदि वर्षा नहीं हो पाती है तो उस स्थिति में धान की रोपाई के लिये विकल्प के तौर पर आकस्मिक फसल योजना के तहत वैकल्पिक फसल के लिए बीज की व्यवस्था की जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को किसानों की सुविधा के लिए अधिक से अधिक नियमित बिजली उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य में जल्द ही फिजियोथरेपी काउंसिल के गठन की घोषणा की है पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि इस संबंध में विभागीय प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि फिजियोथरेपी सहित अन्य सभी पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति की जायेगी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अधिकारियों को वित्तीय वर्ष दो हजार सोलह सत्रह और दो हजार सत्रह अठारह के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को अगले पांच दिनों में आवास निर्माण की स्वीकृति देने का निर्देश दिया है राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर भागलपुर में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों को कांवरिया पथ पर तीन इंच मोटी बालू की परत बिछाने का निर्देश दिया गोपालगंज के चर्चित खजूरबानी शराब कांड में जिले की एक अदालत ने बीस आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है

पूर्व मध्य रेलवे के रक्सौल नरकटियागंज भिखनाठोरी रेलखंड पर आगामी पन्द्रह अगस्त से ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इस रेल खंड पर अमान परिवर्तन का काम अंतिम चरण में है उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल क्षेत्र के अमृतसर यार्ड में उन्नीस से इक्कतीस जुलाई तक नन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण पूर्व मध्य रेलवे से खुलने और गुजरने वाली दस ट्रेनों को उन्नीस से तीस जुलाई तक रद्द कर दिया गया है

हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है लोकसभा सीटों पर फैसला अगले महीने दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है बंगाल में लोकतंत्र लहूलुहान नरेन्द्र मोदी दैनिक भास्कर लिखता है राहुल ने पीएम को चिट्ठी लिखी महिला बिल पास करवायें बिना शर्त समर्थन देंगे प्रभात खबर की सुर्खी है निजता की सुरक्षा पर ट्राई ने कहा कंपनियां नहीं उपभोक्ता अपने डेटा के मालिक राष्ट्रीय सहारा लिखता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रहमोस का सफल परीक्षण